और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण ठंड तथा कनकनी में बढोतरी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस कानून से देश के किसान को अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और किसी के बहकावें में नहीं आने की अपील की श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषिमंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोन्द्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद करने की एक पहल की है उन्होंने सभी अन्नदाताओं से आग्रह किया है कि वे कृषि त्री के पत्र को जरूरी पढ़ें प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस पत्र की भावना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर कोई समस्या नहीं है उन्होंने कहा कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है और चौबीस घंटे के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है राज्य में पैंतालीस लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गये हैं खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है उन्होंने कहा कि धान की अधिप्राप्ति पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी श्री यादव ने कहा कि सभी केंद्रों पर ड्रायर मशीन भी उपलब्ध रहेगा जिससे नियमों के तहत धान की खरीद किसानों से की जा सके उन्होंने कहा कि किसानों को अड़तालीस घंटे के अंदर तथा पैक्स व्यापार मंडलों को बहत्तर घंटे के अंदर भुगतान की व्यवस्था की गई है सभी भूगतान ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी मंत्री ने कहा कि पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए कृषि विभाग में निबंधित किसानों से प्रति रैयत अधिकतम दो सौ पचास क्विंटल और प्रति गैर रैयत अधिकतम एक सौ क्विंटल धान क्रय किया जाएगा उन्होंने कहा कि धान बेचने के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी की जरूरत नहीं होगी प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तीस हजार नौ सौ संतावन हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ पंचानवे लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन आठ प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में पांच सौ अठासी नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अंठानवे हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ बासठ नये मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें पीएमसीएच के तीन चिकित्सक भी शामिल हैं एक दिन में पांच लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ सैंतीस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार एक सौ तीन है देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वर्तमान में तीन लाख बाईस हजार से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में तैंतीस हजार दो सौ से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चौरानवे लाख नवासी हजार से अधिक हो गयी है स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव एक तीन प्रतिशत है प्रदेश में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर राज्य सरकार आज निर्णय ले सकती है इस संबंध में आपदा प्रबंधन समूह की आज दोबारा बैठक होगी जिसमें कोई निर्णायक फैसला होने की संभावना है कल मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विभिन्न बिंद्रों पर विचार विमर्श किया गया श्री कुमार ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को खोलने को लेकर कोविड सुरक्षा मानकों पर विचार किया गया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख नाक गला रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने दो गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति कोरोना संक्रमण से खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा

अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं हैं फिर भी बीमारी जो है हो के निकल भी जाती है पर ये लापरवाही की बात नहीं है चार से छह जरूर होते हैं सौ में से जिनमें कि वहूत सीवियर बीमारी हो जाती है पता ही है आप सबको कि एक दो में मृत्यू भी हो जाती है तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं जब आप मास्क लगाते हैं तो ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इंफैक्शन नहीं होगा पर ये भी होता है कि कहीं न कहीं अगर आप में अभी ए सिम्प्टोमैटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को न दें

इसलिए कि किसी और के लिए आप रिस्क न बन जायें इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है अपने प्रोटैक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटैक्शन के लिए थोड़ा रिसपोन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है राज्य के नियोजित महिला और दिव्यांग शिक्षकों को अगले साल से तबादले की सुविधा मिल जायेगी शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इसके लिए एक विभागीय कमिटी का गठन किया गया था जो इस महीने की अंतिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी उन्होंने कहा कि पुरूष शिक्षको को समायोजन के आधार पर तबादले की सुविधा मिलेगी श्री चौधरी ने कहा कि महिला और दिव्यांग शिक्षक को अपने सेवाकाल में एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई में तबादले की सुविधा मिलेगी राज्य में पंचायत चुनाव इस बार ईवीएम से कराया जायेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है चुनाव आयोग के अनुसार देश में चार राज्यों में ईवीएम से पंचायत चुनाव में मतदान कराया गया है अगर प्रदेश सरकार ने अनुमति दी तो यह पांचवां राज्य होगा जहां ईवीएम से मतदान होगा सूजन घोटाले में जल्द ही तीसरी प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जिला कल्याण पदाधिकरी को दिया है जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी नाजिर रामप्रवेश पासवान की पहचान की गयी है जिनपर आरोप है कि उन्होंने गलत ढंग से सूजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में राशि भेजी थी राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी में तेजी से बढोतरी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि पछुआ हवा अपने साथ नमी लेकर आ रही है जिससे अत्यधिक ठंड पड़ रही है उन्होंने कहा कि हवा की रफ्तार बीस से बाईस किलोमीटर प्रतिघंटे रहने के कारण न्यूनतम तापमान में और कमी आयेगी प्रदेश में ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है रेल सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण प्रदेश से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है वहीं पटना गया और दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान और लैंडिंग भी प्रभावित हुई है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में रेल स्टेशनों बस पड़ाव और चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने क्रिसमस और नये साल पर पटाखा छोड़ने पर रोक लगा दी है पर्षद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने कहा कि यह रोक विशेष रूप से पटना गया और मुजफ्फरपुर में लागू की जा रही है बढ़ते प्रद्षण के कारण तीनों शहर रेड जोन में हैं जिससे इन शहरों में पटाखा छोड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए अधिकारियों को सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्ट विकसित करने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने सात निश्चय पार्ट ट्र के तहत नगर विकास और आवास विभाग के समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि शहरों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था हो जिससे शहर विकसित तथा साफ सुथरा रहे मुख्यमंत्री ने कचरों का सद्पयोग करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने की हिदायत दी बिहार क्रिकेट संघ अंतर जोनल टी ट्वेंटी प्रतियोगिता आज से भागलपुर और खगड़िया में आयोजित की जा रही है इस प्रतियोगिता में आठ जोन को दो समूहों में बांटा गया है यह प्रतियोगिता बाईस दिसम्बर तक चलेगी केन्द्र सरकार ने योग को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दे दी है आयूष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संयुक्त रूप से यह कहा कि विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है राज्य के एक सौ उनचास सरकारी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जायेगा इन केन्द्रों पर रोजगारपरक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी इसके साथ ही आठ नये टूल रूम की स्थापना की जायेगी इन कोन्द्रों को एमएसएमई विभाग संचालित करेगा प्रदेश में जमीन का नक्शा अगले वर्ष जनवरी से डाक विभाग घर घर पहुंचायेगा राजस्व और भूमि सुधार विभाग इसके लिए एक साफ्टवेयर बनाया है जिसके माध्यम से जमीन मालिक घर बैठे अपने जमीन का नक्शा ऑनलाइन मंगा सकेंगे सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में डायरी देने में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है वहीं पटना जिले में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में पांच पुलिस पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है बिहार पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल छह फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है अररिया जिले के फारबिसगंज में करंट लगाने से एक ही परिवार के तीन लोगों समेत चार व्यक्ति की मौत हो गयी मधुबनी जिले के आरएस ओपी पुलिस ने दस लाख रूपये की विदेशी शराब जब्त की है इस मामले में तीन शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है शेखपुरा जिले में स्थित किशोर सुधार गृह के अध्यक्ष और तीन कर्मियों पर शराब पार्टी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पुलिस अधीक्षक दया शंकर ने कहा कि शराब पार्टी का फोटो मिलने के बाद यह कार्रवाई की गयी है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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है शहरों में गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन जल्द दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन पर उच्चतम न्यायालय के बयान पर लिखा है प्रदर्शन का हक लेकिन दूसरों के मौलिक अधिकार बाधित न हों प्रभात खबर ने भिखारी ठाकुर की जयंती पर शीर्षक दिया है ग्रामीण परिवेश में ऐसा नायक नहीं हुआ दैनिक भास्कर ने नालंदा में न्यायाधीश की कार पर हमला मामले पर बड़ी खबर बनाया है जिसका शीर्षक है कोर्ट से घर लौट रहे जज की कार पर फायरिंग चालक ने गाड़ी भगा थाने ले जाकर बचाई जान

और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण ठंड तथा कनकनी में बढोतरी